मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने नकली शराब बेचने वालों पर कडी कार्रवाई का दिया निर्देश राजस्व संग्रहण में बढोत्तरी के प्रयास पर बल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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश भारत की पड़ोस पहले नीति में प्रमुख स्तम्भ है उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों को मजबत करना हमेशा सरकार की विशेष प्राथमिकता रही है भारत और बांग्लादेश के बीच वर्च अल द्विपक्षीय शिखर बैठक में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक कोविड महामारी के कारण यह वर्ष च्नौतीपूर्ण रहा है उन्होंने कहा कि यह संतोष की बात है कि भारत और बांग्लादेश दवाओं चिकित्सा उपकरणों तथा डॉक्टरों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं

इस पत्र के माध्यम से श्री तोमर ने कहा है कि न्युनतम समर्थन मुल्य के बारे में सरकार लिखित आष्वासन देने को तैयार है उन्होंने बताया कि एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है और किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प भी होगा उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा और कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता क्योंकि यह कानुन किसानों की भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर बिकी लीज और गिरवी की अनुमति नहीं देता है केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कांन्ट्रेक्टर्स किसानों की जमीन पर किसी भी तरह का स्थायी बदलाव नहीं कर सकते और उन्हें किसानों की जमीन पर उनके किसी भी अस्थायी निर्माण के लिए लोन नहीं दिया जा सकता

इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों से अनुमति लेनी जरूरी होगी स्कूल संचालन के लिए सभी को केंद्रीय आपदा प्रबंधन विभाग और स्कली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी आदेश का पुर्ण पालन किया जाएगा इन स्कूलों में अभिभावकों को बोर्ड परीक्षा में पंजीकरण की सुविधा मिल सकेगी इसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेजों डेंटल कॉलेज नर्सिंग कॉलेजों में भी यूजीसी के गाइडलाइन के अनुरूप क्लास शुरू करने की अनुमति दी गयी साथ ही श्रीकृष्ण प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान राज्य ग्रामीण विकास संस्थान पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज वन प्रशिक्षण स्कूल और झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी में भी प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति दी गयी है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि राज्य में नकली शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी अवैध रूप से बनाए गए शराब के सेवन से होने वाले संभावित खतरों से लोगों को बचाना सबकी जिम्मेवारी है श्री सोरेन आज रांची में उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पाद मद्य निषेध विभाग राजस्व संग्रहण के प्रमुख विभागों में से एक है इसलिए विभाग आवश्यकता का आकलन करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्तियों का कार्य प्रारंभ करें ताकि राजस्व संग्रहण के काम में कोई बाधा उत्पन्न न हो मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने का निर्देश दिया ताकि अवैध शराब तथा सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों में हेरफेर करने वाले माफिया तथा दुकानदारों की शिकायत आम जन कर सकें मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि एसटी एससी समुदाय के वैसे लोग जो वाइन शॉप चलाने के इच्छक हैं और लाइसेंस लेने में सक्षम हैं उन्हें लाइसेंस निर्गत करें श्री सोरेन ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाहियों की कमी को देखते हुए कहा कि विभाग उत्पाद सिपाही की कमी पूरा करने के लिए होमगार्ड जवानों की भी सेवा ले सकती है पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची फील्ड आउटरीच ब्यूरो गुमला और सीएसआईआर सीआईएमएफआर सीएसआईआर एनएमएल द्वारा संयुक्त रूप से भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आत्म निर्भर भारत तथा वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर वेबिनार परिचर्चा का आयोजन किया गया इस परिचर्चा में विज्ञान एवं अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विशेषज्ञों ने भाग लिया विशेषज्ञों का कहना था कि भारत का विज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही बड़ा योगदान रहा है भारत ने ही विश्व को शून्य का ज्ञान दिया जिससे विज्ञान तथा गणित के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए इधर पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची तथा फील्ड आउटरीच ब्यूरो दुमका और सीएसआईआर सीएमईआरआई दुर्गापुर द्वारा संयुक्त रूप से भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सवः आत्म निर्भर भारत तथा वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान विषय पर आज दूसरे वेबिनार परिचर्चा का भी आयोजन किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी अंचल कार्यालय में सीसीटीवी लगाने का निर्देष दिया है उन्होंने कहा कि अंचल निरीक्षक कार्यालय रिकॉर्ड रूम और निबंधन कार्यालय में लगने चाहिए सीसीटीवी की जद में कार्यालय के अंदरूनी बाहरी तथा रिकॉर्ड रूम शामिल हो सीसीटीवी का नियंत्रण कक्ष जिला के उपायुक्त कार्यालय में स्थापित किया जाए जिसकी मॉनिटरिंग उपायुक्त करेंगे श्री सोरेन ने कहा कि अमीन राजस्व संग्रह में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं इसलिए पूरे राज्य में अमीन के आवश्यक रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करें उन्होंने कहा कि मानकी मुंडा ग्राम प्रधान और डाक़आ के अतिरिक्त उनके समरूप अन्य पारंपरिक पदों पर कार्यरत लोगों को ससमय सम्मान राशि उपलब्ध कराएं सभी को माह की पहली तारीख पर उनके बैंक खाते में सम्मान राशि मिलनी चाहिए राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के एक सौ नब्बे मामले आये स्वास्थ्य विभाग से जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार अब राज्य में एक लाख बारह हजार एक सौ इक्कीस मामले आ चुके हैं जिनमें इलाज के बाद एक लाख नौ हजार पांच सौ बत्तीस संक्रमित लोग स्वस्थ हए हैं राज्य में अब एक हजार पांच सौ पचासी मामले सक्रिय हैं रांची नेतरहाट मुख्य मार्ग पर गुमला जिले के घाघरा प्रखंड मुख्यालय के निकट पहाड़ियों और जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में खेती किसानी में जुटे शिवशंकर भगत ने एग्रो टूरिस्ट प्लेस विकसित करने की योजना बनायी है

अपने सैकड़ों एकड़ के फॉर्म हाउस में केला पपीता स्ट्रोबरी आम अमरूद अनार विभिन्न प्रकार की सब्जियां डेयरी मत्स्य पालन और मुर्गी पालन कर रहे शिवशंकर भगत ने अपनी मेहनत से कुछ ही वर्षा में न सिर्फ एक सफल किसान की पहचान बनायी बल्कि आसपास के दर्जनों लोगों को रोजगार भी प्रदान किया दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी है अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि फिलहाल विधानसभा में जो दलबदल मामले पर सुनवाई होनी थी उस पर भी रोक लग गई है

सिमडेगा जिले में खाद्य आपूर्ति की गृणवत्ता को लेकर सख्ती बरती ही जा रही है

ऐसे वाहन मालिकों को जिला परिवहन कार्यालय नोटिस भेजा जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की गयी है

उन्होंने कहा कि बकाया भुगतान नहीं करने पर मोटर वाहन एक्ट और राजस्व अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी